हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कान्न पड़ोसी देशों से प्रताड़ित होकर आये अल्संख्यकों को नागरिकता देने के बारे में है किसी की नागरिकता छीनने का इसमें कोई प्रावधान नहीं है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के तीव्र विकास के लिए वैज्ञानिकों से नवाचार आविष्कार उत्पादन और समृदवि जैसे चार कदमों पर आगे बढ़ेन का आहवान किया है भारतीय विज्ञान प्रौदयोगिकी और नवाचार के परिदृश्य में बदलने की जरूरत पर जोर देते हये श्री मोदी ने कहा कि भारत के विकास की कहानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उसकी सफलता पर निर्भर करती है

उन्होंने कहा कि भारत को सतत् और पर्यावरण अनुकूल परिवहन और ऊर्जा भंडारण विकल्पों के लिए दीर्घावधि रूप रेखा बनानी चाहिए श्री मोदी ने कहा कि देश अपनी ऊर्जा प्रबंधन आपूर्ति में विस्तार कर रहा है इसलिये ग्रिड प्रबंधन के लिए ऊर्जा क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री ने कहा कि जितनी जल्दी संभव हो से हमें हर प्रकार के कचरे को सम्पदा में बदलने के प्रयासकरेन चाहिए उन्होंने कहा िक देश ने पर्यावरण जल और मुदा संरक्षण के लिए एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक का प्रयोग बंद करने का फैसला किया है

श्री मोदी ने कहा कि जैव ईंधन और एथेनॉल उत्पादन के लिए काम करने के इच्छ्क स्टार्ट अपस के लिए बड़े अवसरहै उन्होंने कहा कि गांवो के लिए महत्वपूर्ण सूक्षम लघ् और मध्यम उदयोगों की आर्थिक क्षमता सीधे तौर पर प्रौदयोगिकी से ज्डी है प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौदयोगिकी जल जवन मिशन की ताकत है और वैज्ञानिकों का उत्तरदायित्व है कि वे पानी को प्न प्रयोग योग्य बनाने के लिए किफायती और प्रभावी प्रौदयोगिकी विकसित करें

यह पोर्टलदेश में अन्संधान और विकास के लिए शोधकर्ताओं की जरूरत के अन्सार विशेष प्रकार की सुविधा तलाशने के तत्र के रूप में तैयार किया गया है

जैन ने लोगों से इस अभियान के दौरान सोशल मीडिया पर भी समर्थन देने का अन्रोध किया है

हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून किसी के खिलाफ नहीं है ये अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांगलादेश से प्रताडित होकर आये अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के बारे में है कानून में किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है म्ख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि ये कानून पारित होने के बाद क्छ लोगों दवारा भ्रम फैलाया गया कि क्छ सम्दाय के लोगों से नागरिकता छीन ली जायेगी हरियाणा के लोगों का शांति बनाये रखने के लिए धन्यवाद करते हये उनहोंने कहा कि क्छ प्रदर्शन जरूर हये है लेकिन समझने से मसला स्लझ गया है

उन्होंने दोष लगाया कि कांग्रेस वोट बैंक के लालच में इसका विरोध कर रही है उन्होंने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रर का उल्लेख करते हये कहा कि इससे हर क्षेत्र की जनसंख्या का पता लगाने में मदद मिलेगी जिससे बेहतर ढ़ग से योजनायें लागू हो सकेंगी उन्होंने कहा कि पर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने भी सदन में ऐसी व्यवस्था करने को कहा था कि लेकिन कांग्रेस सरकार के हर काम का विरोध करना जरूरी समझती है

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल कालेजों में अब अनुसूचित जाति के छात्रों की एमडी में दाखिले में भी आरक्षण देने का फैसला लिया गया है

इनेलो ने संगठन में नई निय्क्तियां की है ऐलनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला ने बताया कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ सलाह मशवरा करके संगठन को मजबूत बनाने के लिए यह निय्क्तियां की है उन्होंने बतायाकि इनेलो प्रदेशाध्यक्ष श्री बीरबल दास ढालिया को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है बहाद्गढ़ से पूर्व विधायक श्री नफे सिंह राठी को हरियाणा का नया प्रदेशाध्यक्ष निय्क्त किया गया है श्री नफे सिंह राठी हरियाणा विधानसभा में दो बार विधायक रह च्के है व दो बार बहाद्रगढ़ नगर परिषद के अध्यक्ष भी रह च्के है और क्श्ती संघ भारतीय शैली के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है

इनेलों नेता ने विधानसभा के विशेष् सत्र को लेकर कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र तीन दिन की बजाय एक सप्ताह का होना चाहिए दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर श्री अभय चौटालाने कहा कि इनेलो विधानसभा चुनाव मे अपने उम्मीदवार उतारेगी भातीय जनता पार्टी जन नायक जनता पार्टी बारे सवाल पर उन्होंने कहा कि यह स्वार्थ की गठबंधन है उधर इनेलो के नवनिय्क्त प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी ने कहा कि जो जिम्मेवारी उन्हें संगठन नेतृत्व ने सौंपी है उसे वे पूरी निष्ठा से निभाएंगे सरकार की जनविरोधी नीतियों को जनता के बीच मजबूती से उठाया जाएगा